महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ राज्य के ऊपरी इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से शीतलहर जारी लाहौल घाटी के सासे हैलीपैड से कल चार उड़ानें प्रस्तावित

उन्होंने कहा कि ये केन्द्र निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तैयार होने वाली फसलों की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करेगा महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की हैं जिनका लोगों को लाभ उठाना चाहिए

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा ज़िला के सुलह निर्वाचन क्षेत्र के अक्षैणा में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं का घर द्वार निपटारा करने के लिए वचनबद्व है विपिन परमार ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जनसमस्याएं निपटाने को कहा ताकि लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े बाद में उन्होंने मैंझा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारंभ और मैंझा सोसायटी से भूजल संपर्क सड़क का भूमि पूजन भी किया

इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे जानकारी दी विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने कहा है कि रेशम उत्पादन में स्वरोज़गार की काफी संभावनाएं हैं और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठा रही है

उद्योग मंत्री ने कहा कि रेशम कीट व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक योजना आंरभ की गई है जिसके तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि शव की पहचान पश्चिम बंगाल के बिनागुड़ी ज़िले के गोविंद छेत्री के रूप में की गई है

जवान का पार्थिव शरीर आज शाम पूह पहुंचने की संभावना है

वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने किसानों गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं सिरमौर ज़िला के शिलाई निर्वाचन क्षेत्र की कांडो भटनौल पंचायत के गिरनौल में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन के मौके पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए शिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने इस उत्सव को भाईचारे की भावना से मनाने की ज़रूरत बताई

वे कल मिश्रवाला में नए स्तरोन्नत राजकीय माध्यमिक स्कूल के श्भारंभ अवसर पर बोल रहे थे राजीव बिंदल ने कहा कि इस स्कूल के स्तरोन्नत होने से क्षेत्र की खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बेटियों को घर द्वार पर जमा दो तक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध होंगे इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आज पौड़ीवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में श्रद्वा व पारम्परिक उल्लास से मनाया जा रहा है शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्वाल दूध बिलपत्र फल फूल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं शिव भूमि के नाम से प्रसिद्ध चंबा ज़िला में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्वालुओं ने उपवास रखकर प्रजा अर्चना की हमारे प्रतिनिधि के अनुसार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भरमौर के चौरासी मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों में श्रद्वालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की अराधना की राधा कृष्ण मंदिर जुलाहकड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सौजन्य से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाशिवरात्रि रूद्र पूजा की गई इस दौरान विभिन्न मंदिरों में घोटा बनाकर भगवान शिव को चढ़ाया गया कुल्लू ज़िले के भूतनाथ मंदिर और बिजली महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालु आना शुरू हो गए थे कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी

इस अवसर पर भजन कीर्तन सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से माहौल भक्तिमय बना रहा मंडी शहर में ऐतिहासिक भूतनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्वालुओं की लंबी लंबी कतारे सुबह से ही लगनी शुरू हो गईं और दिन भर ये सिलसिला चलता रहा यहां बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना के बाद ही कल मंडी शिवरात्रि महोत्सव पारंपरिक जलेब के साथ शुरू होगा हमीरपुर ज़िले में गसोतेश्वर महादेव बिल्लिक कालेश्वर और नर्वदेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया राजधानी शिमला में कालीबाड़ी मिडल बाज़ार और छोटा शिमला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिरों में स्थापित शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही

इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी मिलती है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान में आम लोगों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया मौसम प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बाद दोपहर से हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में रूक रूक कर वर्षा का कम आज भी जारी रहा कुल्लू व चंबा ज़िलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व वर्षा से शीतलहर तेज़ हो गई है

बाद दोपहर मौसम खराब होने के कारण अन्य उड़ानें नहीं हो पाई लाहौल घाटी में बर्फबारी के चलते सड़कें और बीएसएनएल की संचार व्यवस्था सुचारू न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं पूर्व ज़िला परिषद अध्यक्ष रिगजिन हायरप्पा ने प्रशासन व सरकार से घाटी की बंद सड़कों को खोलने और जिस्पा के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की मांग की है इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में रूक रूक कर वर्षा व ओलावृष्टि हो रही है

उडान लाहौल स्पिति ज़िले के सासे हैलीपैड से कल हैलीकॉप्टर की चार उड़ानें करवाई जाएंगी कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने बताया कि पहली उड़ान सासे तिंदी तिंगरिट दूसरी सासे रावा सटींगरी तीसरी सासे से गोंदला और चौथी उड़ान सासे डाईट के बीच होगी उन्होंने घाटी से बाहर आने वाले लोगों को सासे हैलीपैड पहुंचने को कहा है ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कांगड़ा सत्ता के राजनीति परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका रखता है